प्रधानमंत्री इस अवसर पर लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने धार्मिक संस्थाओं से मानवता की सेवा के लिए आगे आने का आहवान किया है वे कल शिमला से विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वर्चुअली संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि विभिन्न धार्मिक संस्थाएं उदारता से मुख्यमंत्री कोविड फंड में अंशदान कर रही हैं मुख्यमंत्री ने धार्मिक संगठनों से होम आईसोलेशन में रहे रहे लोगों के लिए आगे आने का आहवान भी किया

पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच संशोधित समय के अंतराल के बारे में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सुझाव स्वीकार कर लिए हैं

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है

ईद उल फितर ईद उल फितर आज पूरे देश में सादगी से मनाई जा रही है कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईदगाहों और मस्जिदों में कोई सामुहिक आयोजन नहीं होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर की देशवासियों को बधाई दी है उन्होंने एक टवीट संदेश में कहा कि वे सबके अच्छे स्वास्थ्य और सुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि सामुहिक प्रयासों से देश इस वैश्विक महामारी से उभर जाएगा और मानव कल्याण की दिशा में काम करता रहेगा उन्होंने ईद की नमाज कोविड नियमों का पालन करते हुए घर पर ही अदा करने की अपील की है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ईद उल फितर की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं इस बीच आज परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है भगवान परशुराम की जयंती पर बधाई देते हुए राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान परश्राम सभी को अपना आशीर्वाद दें और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करें मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने बधाई संदेश में कहा कि भगवान परश्राम के आदर्श सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल में टीकाकरण केंद्र में नहीं उमडेगी लोगों की भीड़

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सफाई कर्मियों को छह छह हजार मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों के लिए दिया तोहफा

मौसम पर आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल के अधिकतर इलाकों में झमाझम बरसे बादल तापमान गिरने से बढ़ी ठंडक अमर उजाला लिखता है सूबे में बारिश चोटियों पर बर्फबारी मनाली लेह सामरिक मार्ग बंद

नमस्कार